जयपुर में केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा लाईलाज बीमारियों के लिये शोध की जरूरत

विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बैठक में लिये गये निर्णयों की जानकारी देते हुये बताया कि मंत्रिमंडल ने समिति की अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है

विधेयक में तीन तरह के आर्थिक अपराध श्रेणीबद्ध किए गए हैं इसमें अनियमित जमा योजनाएं नियमित जमा योजनाओं में फर्जीवाड़े से रकम जमा कराया जाना और अनियमित जमा योजनाओं में गलत ढंग से लेन देन शामिल हैं श्री प्रसाद ने बताया कि यह विधेयक केन्द्रीय ऑनलाइन डेटाबेस बनाने में अहम भूमिका निभाएगा जिसमें समूचे देश की जमा राशि संबंधी गतिविधियों की सूचना के संग्रह और उन्हें साझा करने की व्यवस्था है

इसमें फिल्मों की अवैध तरीके से कैमरे से रिकॉर्डिंग करने और डुप्लीकेट फिल्म बनाने पर सजा का प्रावधान किया गया है मंत्रिमंडल ने आयकर लोकपाल और परोक्ष कर लोकपाल की संस्था समाप्त करने को भी मंजूरी दे दी

इनकी शुरूआत उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि इसके तहत प्रदेश में पहली बार सहकारी बैंकों से जुड़े सीमांत लघु और अन्य पात्र किसानों का अल्पकालीन फसली ऋण पूरी तरह माफ किया जायेगा

समर्पण के दौरान स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया गौरतलब है कि महिला अरबन को ऑपरेटिव बैंक की बर्खास्त अध्यक्ष कीर्ति बोरदिया अब भी इस मामले में फरार है जबकि बैंक के वित्तीय सलाहकार और उनके पति रविन्द्र बोरदिया को विशेष जांच दल पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुका है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस अवसर पर डॉ सुब्बाराव को सम्मानित किया समारोह को संबोधित करते हुए डॉ सुब्बाराव ने कहा कि देश में इस समय हर तरफ कोलाहल फैला हुआ है ऐसे में मौन के संगीत को समझना जरूरी है उन्होंने कहा कि देश में सहिष्णुता का वातावरण बनना चाहिये और हमे एक ऐसा समाज बनाना चाहिये जो हिंसा और भयमुक्त हो

अभिलेखागार के निदेशक डा महेन्द्र खडगावत ने बताया कि सेमिनार के पहले दिन इंग्लैण्ड अमेरिका और अभिलेखागार के अधिकारियों ने शोध पर चर्चा की सेमिनार में आज राजस्थानी दस्तावेज और कल फारसी दस्तावेज पर विचार विमर्श किया जायेगा

कल स्वाइन फ्लू से दो महिलाओं की मौत हो गई इनमें एक महिला गर्भवती थी

इससे जिले में अब तक आठ लोगों की मृत्यु हो चुकी है उदयपुर में भी स्वाइन फ्लू के पांच और रोगी पोजिटिव पाये गये है

समारोह की अध्यक्षता चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने की इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए रघु शर्मा ने कहा कि इस संस्थान के जरिये ऐसे शोध किये जाने की आवश्यकता है जिससे लाइलाज और गंभीर बीमारियों से निजात पाई जा सके

झालावाड़ और धौलपुर में कई जगहों पर हल्की वर्षा के साथ ओले गिरे है जयप्र में भी सुबह कोहरे का असर देखा गया